मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड महामारी के बीच अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खोल दिया गया है लेकिन लोगों को अधिक सचेत और सतर्क रहना होगा उन्होंने कहा कि श्रमिक रेलगाडियों और विशेष रेलगाडियों समेत कई सेवाएं बहाल कर दी गई हैं उद्योग भी सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ सामुहिक तौर पर लड़ी गई लड़ाई के लिए देशवासियों के प्रयासों की सराहना की उन्होंने लोगों में सेवा की भावना की सराहना करते हुए इसे देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया कोरोना महामारी के दौरान लोगों के दुख दर्द को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया लेकिन सबसे बड़ी मार गरीब मजदूरों और कामगारों पर पड़ी है मोदी ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्र राज्य तथा सभी स्थानीय निकायों के निरंतर प्रयासों का उल्लेख करते हुए मजदूरों के लिए हर जिले में भोजन और क्वारंटीन की व्यवस्था कर रहे लोगों की भी प्रशंसा की मोदी ने बताया कि ग्रामीण रोजगार स्व रोजगार और लघु उद्योगों के लिए केन्द्र ने हाल ही में कई ऐसे निर्णय लिये है जिनसे नये अवसर खुले हैं

उन्होंने कहा कि हरेक जगह लोग योग और आयुर्वेद के बारे में लोग अधिक से अधिक जानना चाहते हैं और इन्हें अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री ने पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए भी देश वासियों से अपना सहयोग देने का आग्रह करते हुए कहा कि वे पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधें रोपें और प्रकृति के साथ अपने संबंध सुदृढ करें केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में पानी की हर एक ब्रंद को बचाने के महत्व पर जोर दिया एक ट्वीट संदेश में श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वृक्षारोपण देश की समृद्ध जैव विविधता और प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने पर भी बात की भारद्वाज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में दिए संदेश को पूरे देश सहित प्रदेश के लोगों ने भी सुना शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के गंज बाज़ार में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के संदेश को सुना बाद में उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश को आत्मसात कर सामुदायिक भाव बनाए रखने रोग प्रतिरोधन क्षमता को बढ़ाने और एकता की भावना को बनाए रखने के लिए योग व आयुर्वेद से आवश्यक तौर पर जुड़ना होगा उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि जिस प्रकार लॉकडाउन के दौरान सभी ने सम्मिलित भाव से काम कर गरीबों वांछितों ज़रूरतमंदों और प्रवासी मज़दूरों के लिए काम किया है उसी भाव को आने वाले दिनों में भी व्यक्त करें

प्रतिकिया वहीं ज़िला सोलन के लोगों ने भी प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के बाद आकाशवाणी के साथ अपने विचार सांझा किए लोगों ने कहा कि वे इस कार्यक्रम को सुनकर प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातों का अनुसरण करते हैं उन्होंने कहा कि आज कोरोना महामारी के चलते बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक अपने घरों के भीतर प्रधानमंत्री के आहवान पर ही हैं

उधर चंबा में भी लोगों ने मन की बात कार्यक्रम से कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कीं स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में दी गई जानकारी से उन्हें काफी लाभ मिलेगा उन्होंने प्रधानमंत्री की ओर से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल किए जाने पर भी अमल करने की बात कही

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से प्रदेश के सभी उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस के दृष्टिगत आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि सोमवार से अंतर ज़िला बसें शुरू हो जाएंगी और ऐसे में बसों व बस अड्डों पर उचित सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जानी चाहिए उन्होंने अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ को नियंत्रित करने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न ज़िलों में लोगों की आवाजाही के लिए बिना पास के अनुमति होगी लेकिन अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए पास की आवश्यकता होगी मुख्यमंत्री ने साफ किया कि रैड जोन से आने वाले लोगों को संस्थागत जबकि अन्य क्षेत्रों से आने वालों को होम क्वारंटीन में रखा जाएगा

अधिसूचना प्रदेश में कल से सभी सरकारी कार्यालय खुल जाएंगे और सभी कर्मचारियों को भी उपस्थित होने के आदेश जारी कर दिए गए हैं

इस दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के मददेनज़र सरकार की ओर से जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा

राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए सरकार अलग से आदेश जारी करेगी

इनमें अधिकांश संकमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापिस आए हैं

भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा ने आज विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री एक बीघा योजना पर भावी रणनीति तैयार की राज्य कार्यकारिणी के गठन के बाद मोर्चा के अध्यक्ष राकेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य और जिला अध्यक्षों ने हिस्सा लिया राकेश शर्मा ने केन्द्र की मोदी सरकार के एक साल के कार्यकाल को उपलब्धियों भरा करार दिया उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए प्रधानमंत्री के कदमों को पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय बताया मोर्चा के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मुख्यमंत्री एक वीघा योजना की जानकारी हर पंचायत और गांव में किसान मोर्चा के कार्यकर्ता तक पहुंचाएं त्रिलोक कपूर मोदी जी का संदेश नड्डा जी का आदेश को धरातल पर उतारना उत्साह व चुनौतीपूर्ण कार्य था ये बात भाजपा के प्रदेश महामंत्री और कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी त्रिलोक कपूर ने आज पालमपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही